और पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह की अगुवाई में बना बिहार नव निर्माण मोर्चा

उच्चतम न्यायालय ने राज्य के नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन मामले में प्रर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया हैं अदालत ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर दिये गये आदेश में कोई त्रटि नहीं है गौरतलब है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सर्वोच्च न्यायालय में पूर्नविचार याचिका दाखिल कर न्यायालय से अपने पहले के आदेश पर पुर्नविचार का अनुरोध किया था इससे पूर्व इकतीस अक्टूबर दो हजार सत्रह को पटना हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा है कि देश के हर जिले में कम से कम एक सामुदायिक रेडियो होना चाहिए जिसके माध्यम से स्थानीय लोग अपने समुदाय से संबंधित सामाजिक और विकास के मुद्दों पर जागरूक हो सकें वे नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवायें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है बाईट स्थानीय भाषा विषय वस्तु और जरूरतों को सामुदायिक रेडियो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं कई रिपोर्टो में मैंने पढा है कि सामुदायिक रेडियो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं जैसे वर्षा तथा तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की जानकारी देना राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि पचास रूपये से बढ़ाकर साठ रूपये प्रति लीटर करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया कैबिनेट ने वन और पर्यावरण विभाग में उनतीस नये पद के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग और पंचायती राज विभाग में कई पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन विभाग के अंतर्गत शोध संवर्ग के गठन का भी निर्णय लिया है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर महागठबंधन दलों की आज पटना में बैठक हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित बैठक में राजद कांग्रेस हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा वीआईपी पार्टी समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता भाग ले रहे हैं पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह की अगुवाई में राज्य में एक नया मोर्चा बिहार नव निर्माण मोर्चा का गठन किया गया है पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए नरेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य में आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए नवगठित मोर्चा कार्य करेगा पूर्व सांसद अरूण कुमार और राज्य सरकार की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी इस मोर्चे में शामिल हैं एके सैंतालीस राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के रिमांड के लिए आज बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह ने कोर्ट में आवेदन दिया है कोर्ट मामले पर कल फैसला देगी इधर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बाढ़ एएसपी पर इस मामले में बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीलम देवी ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से करायी जाये सूक्ष्म लघ् और मझोले उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छोटे उद्यमों और खादी ग्रामोद्योग में और पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और इसके लिए नीति तैयार की जा रही है मुंबई में खादी के वैश्वीकरण भारत के अभिमान विषय पर व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा बाईट मिट्टी के बारे में कुम्हारों के लिए खादी ग्रामोउद्योग कमीशन ने छोटे छोटे मैकेनिक्ज एक्युप्मेंट बनाए हैं और वो एक्युम्मेंट के द्वारा काफी अच्छी चीजें बननी शुरू हुई और दो स्टेशनों पर मिट्टी के जो कुल्लड़ लोग उसका उपयोग करने लगे हैं और मैंने परसों ही हमारे रेलवे मंत्री जी को लिखा और सभी स्टेस के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को लिखा है कि रेलवे स्टेशन में आप ये जो पेपर के और प्लास्टिक के गिलास यूज करते हैं इसके बजाय इस मिट्टी से बने हुए इस कुल्लड़ को मेंडेटटरी करो केंद्र सरकार ने जनऔषधि केंद्रों पर मिलने वाली सेनीटरी नैपकिन का मूल्य प्रति नैपकिन ढाई रुपये से घटाकर एक रुपये कर दिया है केंद्रीय रसायन और ऊर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि इससे महिलाओं की स्वास्थ्य हाईजीन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

पथ निर्माण मंत्री नन्दकिशोर यादव ने कहा है कि पटना सहित राज्य के छह जिले की आठ सड़क योजनाओं के लिए विभाग ने लगभग चौरासी करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है स्वीकृत योजनाओं के तहत पटना दरभंगा मुजफ्फरपुर समस्तीपुर औरंगाबाद और मोतिहारी जिले में लगभग संतावन किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जायेगा औरंगाबाद जिले के उपहरा थाना क्षेत्र के शंकरडीह गांव से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ गया पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर में कट्टर माओवादी विदेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है सीआरपीएफ के उप समादेष्टा सुमन सौरभ ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली कोंच थाना के विभिन्न कांडों में नामजद था गिरफ्तार नक्सली को आगे की कार्रवाई के लिए कोंच पुलिस को सौंप दिया गया है सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगाजल मठ के पास पुलिस ने एक ट्रक से लगभग ढाई हजार लीटर विदेशी शराब बरामद की है ट्रक को जब्त कर लिया गया है इधर वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर राय गांव से पुलिस ने एक पिकअप वैन पर लदी पंचानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया वहीं समस्तीपुर जिले के अलग अलग स्थानों से पुलिस ने अंतर जिला शराब तस्करी गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर चौरासी कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है भागलपुर जिले के पीरपैंती बाराहाट मुख्य मार्ग पर दो अलग अलग सड़क द्र्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी वहीं छह से ज्यादा लोग घायल हो गये इधर बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी गांव के पास एक जीप की ऑटो से टक्कर में छह महिला समेत दस लोग घायल हो गये

वहीं बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरी राजपुर मार्ग पर एक स्कूली छात्र की बस की चपेट में आने से मौत हो गयी राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये हुए हैं कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हुई है पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक सताईस दशमलव चार मिलीमीटर वर्षा डेहरी में दर्ज की गयी गया में चौदह दशमलव आठ मिलीमीटर जबकि पटना में दो मिलीमीटर बारिश हुई है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश के कारण राज्य में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से बक्सर पटना बेगूसराय और भागलपुर के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है पटना में गांधी घाट और हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब बना हुआ है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेल सम्मान समारोह दो हजार उन्नीस के विजेताओं की घोषणा कर दी है राज्य श्रेष्ठ खेल सम्मान के लिए कराटे खिलाड़ी अनन्या आनंद का चयन किया गया है प्रस्कार के तहत उन्हें बीस लाख रूपये की राशि दी जायेगी इसके अलावा सामान्य श्रेणी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले सात खिलाड़ियों को खेल सम्मान से विभूषित किया जायेगा सारण जिले के मढ़ौरा इलाके में लगभग एक सप्ताह पूर्व विशेष जांच दल एसआईटी के दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सुबोध सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है

बक्सर जिला व्यवहार न्यायालय परिसर से पुलिस ने पिस्तौल के साथ दो अपरााधियों को गिरफ्तार किया है

और पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह की अग्रवाई में बना बिहार नव निर्माण मोर्चा